सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखे हाथ और मुंह साफ रखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और वाराणसी के कोविड अस्पतालों में उपचार की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों को पर्याप्त संख्या में तैनात किया जाए साथ ही ऑक्सीजन की निर्वाघ आपूर्ति सुनिश्चित की जाए श्री योगी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ प्रयागराज कानपुर गौतमबुद्वनगर सहित विभिन्न जनपदों में कोविड नाइन्टीन के संक्रमण की स्थिति और बचाव के उपायों की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जनपदों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या पांच सौ से अधिक है या प्रतिदिन एक सौ से ज्यादा मामले आ रहे हैं वहां रात का कफर्यू लागू किया जाए उन्होंने कोविड नाइन्टीन के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाकर जांच करने पर विशेष जोर दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड नमूनों की जांच को और तेज करने के लिए प्रयोगशालाओं की क्षमता को बढ़ाया जाए उन्होंने कहा कि क्ल जांच र्मे से सत्तर प्रतिशत जांच आरटीपीसीआर विधि से की जाएं मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान चलाने के भी निर्देश दिए प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के तेरह हजार छः सौ पचासी नए मामले सामने आए हैं इस दौरान तीन हजार एक सौ सत्तानवे लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं राज्य में इस समय कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या इक्यासी हजार पांच सौ छिहत्तर है महामारी से अब तक कुल नौ हजार दो सौ चौबीस लोगों की मृत्यु हुई है स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेज गति से किया जा रहा है कल एक दिन में एक लाख तिरानबे हजार तीन सौ उन्यासी नमूनों की जांच की गयी इसमें से उन्यासी हजार से ज्यादा नमूनों की जांच आरटीपीसीआर विधि से की गयी प्रदेश में अब तक कुल तीन करोड़ उनहत्तर लाख चौवन हजार पांच सौ सैंतीस नमूनों की जांच की जा चुकी है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल राजभवन में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा मंत्रिपरिषद के सदस्यों और विपक्षी दलों के नेतओं की उपस्थिति में हुई इस बैठक में प्रदेश में कोविड नाइन्टीन की स्थिति की समीक्षा की गयी विपक्ष के नेताओं ने कोविड पर नियंत्रण के लिए सरकार को सहयोग का आश्वासन देते हए विश्वास व्यक्त किया कि जल्द ही एकजुट प्रयासों से इस महामारी को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त होगी वैठक के बाद बहुजन समाज पार्टी के सदस्य लालजी वर्मा ने कहा कि उन्होंने सरकार को कोरोना का प्रसार रोकने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी कांग्रेस के विधायक सुहेल अख्तर अंसारी ने कहा कि उन्होंने सर्वदलीय बैठक में सरकार को सुझाव दिया कि अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को पृथकवास में रखने का प्रबंध किया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रदेश स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सर्वदलीय बैठक कर संवाद आयोजित करने का सुझाव दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की पच्चीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की छिहत्तरवीं कड़ी होगी लोग नमो ऐप या माईगोव ओपन फोरम में अपने सुझाव दे सकते हैं वे टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं फोन लाइन बाईस अप्रैल तक खुली रहेंगी लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस में प्राप्त लिंक के जरिए भी प्रधानमंत्री तक अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में मन की बात के लिए लोगों से उन विषयों और प्रेरणादायक अनुभवों को साझा करने का अनुरोध किया है जिनके बारे में वे सोचते हैं कि अन्य भारतीयों को भी यह जानना चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल प्रदेश सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन की जयंती पर आज उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने स्वर्गीय लालजी टंडन के नाम पर चौक स्टेडियम स्थित बहुददेश्यीय हॉल का लोकार्पण किया साथ ही दुबग्गा से चौक चौराहे तक सड़क का नामकरण लालजी टंडन मार्ग और चौक चौराहे का नामकरण लालजी टंडन चौराहा रखने की घोषणा की